जमुई सुरक्षित संसदीय क्षेत्र अंतर्गत तरीदाविल गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक मतदान केंद्र पर कल होने वाले पुनर्मतदान की तैयारियां प्ररी कर ली गयी है जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या दो सौ बत्तीस पर ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को नुकसान पहुंचाये जाने की शिकायतें मिली थी जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था यहां सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शंभुगंज प्रखंड इलाके में मतदान केन्द्रों पर कल हंगामा करने और वाहनों में तोड़फोड़ के आरोप में बीस नामजद और एक सौ बीस अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अररिया जिले के फारबिसगंज में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे से लेकर सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं रोड शो और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में लदनिया और मधेप्र प्रखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में चुनावी सभा कर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर के एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र के विभूतिपुर समेत विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित और राष्ट्र में शक्तिशाली देश बना है समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी रामचन्द्र पासवान के पक्ष में आज जदयू के राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर ने समस्तीपुर दुधपुरा और कर्पूरी ग्राम समेत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सहरसा के सोनवर्षा राज में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया श्री यादव ने केन्द्र सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया इधर राज्य के पूर्व मंत्री और राजद विधायक आलोक कुमार मेहता ने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के रालोसपा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में क्षेत्र के सरायरंजन विद्यापतिनगर कांचा और पगरा समेत विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन की अपील की जनता दल यू ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की जांच कराने की मांग की है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जेल में रहते हुए किस प्रकार अपने हस्ताक्षर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर रहे हैं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आयोग को लिखे अपने पत्र में जानकारी मांगी है कि क्या राजद अध्यक्ष ने इसके लिए अदालत से अनुमति ली है श्री कुमार ने लालू प्रसाद के हस्ताक्षर से दिये गये चुनाव चिन्ह वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग आज अतिपिछड़ों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखावा है श्री मोदी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग केन्द्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि मोदी सरकार ने पिछड़े समाज को कितना सम्मान दिया है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव के लिए जाति और धर्म का सहारा ले रही है श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा नेता स्तरहीन बातें कर रहे हैं जिसे जनता समझ रही है वहीं महागठबंधन के घटक दल हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ईवीएम को लेकर निर्वाचन आयोग से संदेह दूर करने की मांग की है उन्होंने इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के बयान का भी समर्थन किया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल किशनगंज पूर्णियां भागलपुर कटिहार और बांका में छियासठ प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं पुरूषों के मतदान का प्रतिशत साठ प्रतिशत रहा कुल मिलाकर इस चरण में कल तिरेसठ प्रतिशत मतदान हुआ था

महागठबंधन की ओर से झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव और एनडीए की ओर से जदयू ने रामप्रीत मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है पांच बार इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं यहां कुल अठारह लाख पैंतीस हजार नवासी मतदाता है जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या नौ लाख इकसठ हजार एक सौ अठारह और महिला मतदाताओं की संख्या आठ लाख तिहत्तर हजार नौ सौ पांच और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या छियासठ है

झंझारपुर बड़ी रेल लाईन का अब तक न बन पाना झंझारपुर को अविलंब जिला का दर्जा दिया जाना बाढ़ सुखाड़ से बचाव रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध कराना लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल है आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद प्रदेश में शेखपुरा लखीसराय बेगूसराय मुंगेर और खगड़िया जिले में अचानक आयी तेज आंधी के कारण मौसम में बदलाव आया है शेखपुरा में दोपहर बाद आयी धूल भरी तेज आंधी के दौरान हादसे में एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि एक ब्री तरह घायल हो गया है यहां तेज हवा से कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खम्भे गिरने की खबर है हल्की बारिश और आंधी के कारण तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है मुंगेर में एके सैंतालीस रायफल की बरामदगी मामले में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है इस मामले में कई महीनों से फरार चल रहे आरोपी राजद के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष परवेज चांद को मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सऊदी अरब सरकार की ओर से भारत का हज कोटा बढ़ाकर दो लाख जायरीन किया गया है इस बार बिहार से लगभग पांच हजार जायरीन हज पर जायेंगे शिवहर जिले में मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने छह अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है जिलाधिकारी ने दो कनीय अभियंताओं से भी स्पष्टीकरण मांगा है

आज ही के दिन प्रभू यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी गिरिजाघरों में इस अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं गूड फाईडे के अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने संदेश कहा है कि यह दिन प्रभू यीशू के बलिदान का पुण्य स्मृति दिवस है जो हमेशा उनके जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है वहीं मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि हमें प्रभू यीशु के जीवन मूल्यों के अनुसरण का संकल्प लेना चाहिए प्रदेश में आज श्रद्धापूर्वक हनुमान जयंती मनायी गयी इस मौके पर सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न हन्मान मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि भक्त हनुमान का जीवन समाज की ब्राईयों के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है